राज्य सरकार ने कहा जीएसटी वसूली में हुई पैंतीस फीसदी की बढ़ोतरी

पांच राज्यों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना और मिजोरम के लिये सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया सुबह आठ बजे से शुरू हो गयी है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से रूझानों और परिणामों की ताजा जानकारी देने के लिये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है जो दोपहर दो बजे तक जारी रहेगा आकाशवाणी ने मतगणना के ताजा रूझानों और परिणामों के विशेष कार्यक्रम के प्रसारण को देखते हुए अपने नियमित बुलेटिनों के समय में परिवर्तन किया है हिन्दी ब्रलेटिन बारह बजकर दस मिनट से बारह बजकर बीस मिनट तक प्रसारित होगा दोपहर के हिन्दी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन की अवधि पन्द्रह मिनट बढ़ायी गयी है शाम छह बजे का अंग्रेजी और हिन्दी बुलेटिन भी दस दस मिनट का होगा रात साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक रेडियो ब्रिज कार्यक्रम होगा उधर निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के रुझानों और परिणामों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए एक विशेष वेबसाइट शुरू की है इस पर मतगणना के रूझान और परिणामों की जानकारी लगातार उपलब्ध करायी जा रही है प्रदेश में वस्तु और सेवाकर जीएसटी की वसूली में नवम्बर दो हजार अठारह तक पिछले वर्ष की तुलना में पैंतीस फीसदी राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है

उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सत्ताईस हजार करोड़ रूपये राजस्व का लक्ष्य निर्धारित है श्रीमती प्रतिमा ने कहा कि जीएसटी के भुगतान की प्रक्रिया की निगरानी और कार्रवाई को लेकर बिजनेस इंटेलिजेंस विंग गठित किया गया है प्रदेश में किसी भी तरह का साइबर क्राइम होने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है डीजी होमगार्ड सुनील कुमार ने कहा कि थानेदार यह कहकर प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकते हैं कि यह घटना उनके थाना क्षेत्र में नहीं घटी है पटना में थानादारों को साइबर अपराध की जांच के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ गया है और पुलिस को इसका इस्तेमाल अपराध नियंत्रण के लिए करना चाहिए संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है लगभग एक महीने चलने वाला यह सत्र अगले महीने की आठ तारीख तक जारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार दोनों सदनों में राष्ट्रीय महत्व के सभी मूद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे सदन में रचनात्मक माहौल बनाए रखें और लोगों के कल्याण से जुड़े मुद्दों का मिलकर समाधान करें संसदीय कार्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सत्र के दौरान कुल पैंतालीस विधेयक पेश किए जाएंगे

उन्होंने बोधगया में कहा कि बुद्ध सर्किट के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है और इसके लिए सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है श्री बिंदेश्वरी ने कहा कि बोधगया को आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है नये साल के जनवरी महीने से जयनगर से जनकपुर कुर्था के बीच पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा पैंतीस किलोमीटर लंबी जयनगर जनकपुर रेल लाईन पर ट्रेनों के परिचालन की तैयारी पूरी कर ली गयी है रेलवे बोर्ड ने फिलहाल इस रेलखंड पर तीन डीएमयू ट्रेनें चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है पटना और हजारीबाग के बीच इलेक्ट्रिक इंजन एमईएमयू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन जल्द शुरू होगा इस लाईन की जांच पूरी कर ली गयी है जिसे सही पाया गया है उधर चौबीस दिसम्बर को फतुहा इस्लामपुर रेल लाईन के विद्युतीकरण कार्य का उद्घाटन किया जायेगा मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव आ रहा है सुबह और शाम के तापमान में आ रही गिरावट से पूरे प्रदेश में कनकनी बढ़ने लगी है कल पटना का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं गया का न्यूनतम तापमान छह दशमलव तीन भागलपुर का ग्यारह दशमलव चार और पूर्णिया का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार पटना का तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस नीचे है प्रबा हवा चलने के कारण आज न्यूनतम तापमान में वृद्धि के आसार हैं विश्व बैंक की विशेष टीम आज पटना में मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ बैठक कर राज्य में चल रही विकास योजनाओं पर चर्चा करेगी विश्व बैंक की टीम राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर कल पटना पहुंची है भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज दरों में बढोतरी कर दी है आरबीआई द्वारा रेपो रेट को स्थिर रखने के फैसले के बाद अब तक एसबीआई ने अपने मार्जिनल कॉस्ट आफ फंड लेंडिंग रेट में दशमलव पांच फीसदी की बढोतरी कर दी है नयी ब्याज दर कल से लागू हो गयी है

प्राप्त समाचार के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा बाजार स्थित फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से अपराधियों ने अठारह लाख रूपये चुरा लिये उधर पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना के पूरनछपरा गांव में डकैतों ने आभूषण व्यवसायी के घर डाका डालकर बीस लाख रूपये से अधिक की संपत्ति लूट ली गया के एपी कॉलोनी में अपराधियों ने बीमा कंपनी के एजेंट से ढाई लाख रूपये लूट लिये वहीं बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के तियरा गांव के निकट अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी से एक लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने हाजीपुर में खाली कंटेनर से नब्बे लाख रूपये का गांजा बरामद किया है

पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेली जा रही कूच बिहार ट्राफी क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने मिजोरम के खिलाफ पहली पारी के आधार पर सत्रह रनों की बढ़त बना ली है इससे पहले बिहार के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के सामने मिजोरम की पहली पारी बयासी रन पर ही सिमट गयी आज मुकाबले का दूसरा दिन है इधर कटक में खेली जा रही सीनियर वीमेंस वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने अरूणाचल प्रदेश को एक सौ बहत्तर रनों से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की है मोकामा के मरांची में आज से बिहार राज्य गोल्ड कप कबड्डी चैम्पियनशिप शुरू हो रही है आज के सभी समाचार पत्रों ने केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र क्शवाहा के इस्तीफे को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है जबकि आरबीआई के गवर्नर के इस्तीफे को भी प्रमुखता मिली है हिन्दुस्तान ने रालोसपा प्रमुख और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र क्शवाहा के कोन्द्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफे की खबर का शीर्षक बनाया है उपेन्द्र का इस्तीफा राजग भी छोड़ा दैनिक भास्कर का शीर्षक है सियासी मोल भाव करते करते बात नहीं बनी तो कुशवाहा का इस्तीफा दैनिक जागरण ने मतगणना से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है दावों प्रति दावों के बीच पांच राज्यों के नतीजें आज अखबार ने इससे जुड़े अन्य आंकड़े भी दिये हैं आरबीआई गवर्नर के इस्तीफे की खबर को प्रभात खबर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है कार्यकाल खत्म होने से नौ माह पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित का इस्तीफा अखबार ने इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अन्य लोगों की प्रतिक्रिया भी प्रकाशित की है इस खबर को अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता से छापा है और इससे संबंधित आंकड़े भी दिये हैं प्रभात खबर ने खेल की खबर का शीर्षक लगाया है दस वर्ष बाद आस्ट्रेलिया में भारत जीता इसके अलावा अखबारों ने पेंशन में अब सरकार देगी चौदह प्रतिशत योगदान ब्रिटिश कोर्ट का भगौड़े कारोबारी माल्या को भारत भेजने का आदेश भाजपा को घेरने के लिए इकतीस दलों ने हाथ मिलाया से जुड़ी खबर को प्रमुखता मिली है

राज्य सरकार ने कहा जीएसटी वसूली में हुई पैंतीस फीसदी की बढ़ोतरी